राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस प्रशिक्षुओं से कर्तव्यों का पालन करते हुए लोगों की भावना के अनुरूप काम करने का किया आहवान प्रदेश में नॉन कोविड मरीजों के उपचार में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार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

मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार ने हिमाचल के लिए उर्जा उपकरण विनिर्माण हब स्वीकृत करने का केन्द्र से आग्रह किया है

उन्होंने केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री आरके सिंह से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को स्पिति क्षेत्र व चिनाब बेसिन से बिजली की निकासी के उद्देश्य से प्रभावी योजना बनाने का अनुरोध भी किया जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में ग्रीन गौशाला योजना पर भी कार्य कर रही है जिसके तहत सौर उर्जा का पूरी तरह से दोहन कर बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा

केन्द्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को राज्य में ग्रीन गौशाला योजना उर्जा उपकरण विनिर्माण हब की स्थापना और दूरदराज के क्षेत्रों से बिजली की निकासी के लिए हर सम्भव सहायता का आश्वासन दिया प्लेनरी सैशन के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद रहे

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसके लिए इस मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने सभी चार किश्तें जारी कर दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा इससे प्रदेश के हरघर में जल्द ही नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाने के लक्षय को हासिल करने में सुविधा होगी सुखराम चौधरी राज्य में बिजली का मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं से अब पुरानी ही निर्धारित सिक्योरिटी राशि ली जाएगी उर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि अदालत के आदेशों के अनुसार मामले की दोबारा समीक्षा की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ न पड़े

ये जानकारी बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज मंडी जिला के मढ़ी में एचपी शिवा प्रोजैक्ट और सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत आयोजित किसान प्रशिक्षण शिविर में दी

उन्होंने अधिक से अधिक किसानों से इस प्रॉजेक्ट के साथ जुड़ने का आह्वान किया महेन्द्र ठाकुर ने बताया कि शुरूआती दौर में इस प्रॉजेक्ट को पाईलेट आधार पर चार जिलों में चलाया गया है और अगले वर्ष मंडी कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर ऊना सोलन और सिरमौर जिलों के किसानों को इससे जोड़ा जाएगा वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश में गांवों के विकास का कोई भी काम अध्रा नहीं छोड़ा जाएगा ऊना जिला की बरनोह पंचायत में भारत निर्माण सेवा केन्द्र के शुभारम्भ के बाद एक जनसभा में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बेहतरीन पंचायत घर शौचालय और पक्के रास्तों का निर्माण किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि लक्षण पाए जाने पर सैंपल भी लिए जाएंगे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पुलिस प्रशिक्षुओं से संविधान प्रजातांत्रिक मूल्य व कानून के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते हुए आम लोगों की भावना के अनुरूप काम करने का आह्वान किया है

राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि पुलिस प्रशिक्ष लोगों की सेवा में तत्पर रह कर जिम्मेदारी से अपना कार्य करेंगे बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि पुलिस के हर जवान ने कोरोना महामारी से निपटने में अग्रिम पंक्ति में रह कर कोरोना योद्वा के तौर पर कार्य किया है

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडु ने सभी प्रशिक्षुओं को देश सेवा की भावना व ईमानदारी से कार्य करने का आह्वान किया इससे पहले राज्यपाल ने पुलिस आरक्षियों द्वारा प्रस्तुत शानदार पासिंग आउट परेड की सलामी भी ली सैजल स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री राजीव सैजल ने सोलन जिला की आंजी मातला पंचायत में आज विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में समग्र और संतुलित विकास के लिए अनेक पग उठाए गए हैं सैजल ने इस अवसर पर जनसमस्याएं सुनी और अधिकारियों को इनके शीघ्र निपटान के निर्देश भी दिए अमिताम अवस्थी प्रदेश में सभी मैडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग व पैरामैडिकल कॉलेज पहली दिसम्बर से खुलेंगे इसके तहत पहले व अंतिम वर्ष की कक्षाएं लगेंगी स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने आज शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में नॉन कोविड मरीजों के उपचार में कोताही बरतने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी

उन्होंने कहा कि आईजीएमसी शिमला और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए बिस्तरों की कोई कमी नहीं है

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने गुजरात के केवड़िया में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज भी मौजूद रहे विपिन परमार ने सम्मेलन के दौरान विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य सामंजस्य पूर्ण समन्वय जीवन्त लोकतंत्र का आधार विषय पर अपने विचार रखे

उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा उन्होंने लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है